इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का हित करना राज्य शासन की प्राथमिकता में है गरीब मजदूर वर्ग को संकट के समय संबल देने के लिये ही संबल योजना बनाई गई है

इसी तरह सामान्य मृत्यु और स्थायी अपंगता पर श्रमिक परिवारों को दो दो लाख रूपये की अनुग्रह राशि संबल योजना में दी जाती है

सीआईआई सलाह भारतीय उदयोग परिसंघ सीआईआई ने उदयोगों से अगले दो सप्ताह के लिए कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की आवश्यक उपस्थिति वाली गैर जरूरी आर्थिक गतिविधियां कम करने को कहा है सीआईआई के अध्यक्ष उदय कोटक ने कहा कि कोरोना संक्रमण की श्रंखला तोड़ने के लिए यह जरूरी है सीआईआई ने कंपनियों से अपने कर्मचारियों का टीकाकरण तेज करने का भी आग्रह किया है प्रदेश कोरोना प्रदेश के कई जिलों में नए संक्रमितों की संख्या से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पॉजीटिविटी रेट में कमी आई है

उधरकोरोना से ठीक हए व्यक्तियों से प्लाज्मा डोनेट करवाने और संक्रमित मरीजों को प्लाजमा दिलाने के कार्य में भोपाल जिला प्रशासन संकट प्रबंधन टीम के साथ ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल संस्था दवारा अभिनव पहल की गई है संस्था दवारा अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को कॉल करके प्लाज्मा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

ग्ना कलेक्टर क्मार प्रूषोत्तम ने नर्सिंग होम संचालकों से कहा है कि वे आपदा के समय को पैसे कमाने का अवसर न बनाएं

इस योजना के श्रू हो जाने से अब मरीज जिस अस्पताल में भर्ती है वहीं समय पर उसे पौष्टिक आहार निःश्ल्क मिल जायेगा

इसकी सफलता पर प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस योजना को श्रू किया जायेगा निश्ल्क स्वस्थ आहार सेवा योजना के लिए एक हेल्प लाइन नंबर भी जल्दी श्रू किया जा रहा प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की भी श्रुआत की गयी है

इसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने में सहयोग देना है म्ख्यमंत्री ब्धनी संवाद म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्च्अल मीटिंग के माध्यम से सीहोर जिला अंतर्गत अपने विधानसभा क्षेत्र ब्धनी के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए संवाद किया

ब्धनी विधानसभा में दो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रदेश सरकार ने फैसला किया है

उन्होंने स्मार्ट सिटी के माध्यम से तत्काल पीबीएक्स बॉक्स भी लगाने को कहा जिसके माध्यम से कोरोना संक्रमित व्यक्ति की उनके परिजनों से आसानी से बातचीत सकेगी हो आईपीएल स्थगन क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना के संक्रमण को देखते हए इस समय जारी आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला किया गया है यह फैसला आईपीएल की कार्यकारी परिषद् और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में सर्वसम्मति से किया गया एक वक्तव्य में आईपीएल ने कहा है कि यह फैसला खिलाड़ियों समेत सभी पक्षों के हित को ध्यान में रखते हए किया गया है